लोक सेवा समय पर मुहैया नहीं कराए जाने के मामले में राज्य शासन ने तेरह जिलों के कलेक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया राज्य सरकार ने चार हजार छह सौ एक करोड़ रूपये के ई टेंडर में अनियमितता के मामले की जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने युवाओं से मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों को अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने की अपील की प्रधानमंत्री आरक्षण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण के लिए संविधान संशोधन उनकी सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिणाम है

प्रधानमंत्री ने कहा कि नई आरक्षण व्यवस्था इस वर्ष के शैक्षणिक सत्र से देशभर में चालीस हजार कॉलेजों और नौ सौ विश्वविद्यालयों में लागू की जाएगी उन्होंने कहा कि सीटों की संख्या में दस प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी साथियो केंद्र सरकार ने यह फैसला भी किया है कि शिक्षण संस्थानों में इस नए आरक्षण का लाभ इसी साल नए सेशन से मिलेगा

इसके लिए जल्द ही यह आदेश जारी हो जाएगा यह बात प्रधानमंत्री ने कल अहमदाबाद में पंद्रह सौ बिस्तरों वाले सरदार वल्लभभाई पटेल आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही

इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना है इस कार्यक्रम के तहत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में पंजीकृत नए कर्मचारियों को तीन वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ताओं के बारह प्रतिशत अंशदान का पूर्ण भुगतान करती है यह सुविधा पन्द्रह हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वालों के लिए है केन्द्र सरकार की यह कल्याणकारी योजना सात अगस्त दो हजार सोलह को शुरू हुई थी मुख्यमंत्री खनिज निर्देश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के विकास के लिए खनिज संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में राज्य खनिज विकास निगम के संचालक मण्डल की बैठक हुई बैठक में चर्चा करते हुए प्रमुख रूप से कांकेर जिले के आरीडोंगरी लौह अयस्क परियोजना का संचालन शुरू करने का निर्णय लिया गया इसके अलावा सरगुजा जिले की मैनपाट तहसील के तहत पथराई गांव में बॉक्साइट खनिज के खनन और विपणन के बारे में भी चर्चा की गई इसी तरह कबीरधाम और सरगुजा जिले में स्थित बॉक्साइट धारित क्षेत्रों और आरीडोंगरी आयरन तथा ब्लॉक के अन्वेषण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया कलेक्टर नोटिस लोक सेवा समय पर मुहैया नहीं कराए जाने के मामले में राज्य शासन ने तेरह जिलों के कलेक्टरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद भी प्रकरणों की जानकारी समय पर न भेजे जाने के मामले में यह कार्रवाई हुई है राज्य सरकार ने रायपुर कबीरधाम मुंगेली कोरबा रायगढ़ सरगुजा सूरजपुर जशपुर कोरिया बस्तर दंतेवाड़ा के साथ सुकमा और नारायणपुर के कलेक्टरों को नोटिस जारी किया है इस नोटिस में तीन दिनों के भीतर निराकरण किए गए सभी मामलों की जानकारी देने को कहा गया है मुख्य सचिव बैठक राज्य की नदियों से औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल का आवंटन करने से पूर्व स्थल परीक्षण और भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा इस आशय के निर्देश मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर ने दिए हैं उन्होंने मंत्रालय में छत्तीसगढ़ राज्य जल संसाधन उपयोग समिति की बैठक ली उन्होंने कहा है कि नदियों से पेयजल निस्तार सिंचाई के लिए जल का आवंटन करने के बाद ही इसका उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया जाए माओवादी सामग्री बरामद राजनांदगांव के माओवाद प्रभावित इलाके में माओवादी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थे लेकिन सुरक्षा बलों ने सक्रियता दिखाते हुए इसे विफल कर दिया मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार गातापार थाना क्षेत्र के भावे जंगल में महिला सहित करीब पच्चीस माओवादी बैठक कर रहे थे इस दौरान सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी कर माओवादियों को पकड़ने की कोशिश लेकिन वे भाग निकले सर्चिंग में मौके से सुरक्षा बलों ने क्लेमर माईंस सहित बड़ी मात्रा में अन्य सामग्रियां बरामद की हैं

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के महालेखाकार ने इकतीस मार्च दो हजार सत्रह को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट जारी की थी इसमें यह खुलासा किया था कि राज्य शासन की एजेंसी छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन की ओर से जारी किए गए ई टेंडर में अनियमितताएं हुई हैं रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि जिस कम्प्यूटर से टेंडर खोले गए उसी कम्प्यूटर के जरिये न केवल ठेकेदारों ने टेंडर भरा था बल्कि अधिकारियों ने इसे मंजूर भी किया ऑडिट रिपोर्ट के जरिये महालेखाकार ने राज्य शासन को भेजी गई अपनी अनुशंसा में कहा था कि इस पूरे मामले की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए इस आशय का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया है आदेश में कहा गया है कि जांच प्रतिवेदन तीन महीने के भीतर शासन को प्रस्तुत किया जाएगा सुब्रत साहू संवाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने युवाओं से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अधिक से अधिक लोगों को अपना नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करें श्री साहू ने कल फेसबुक और ट्वीटर के जरिए लोगों से सीधा संवाद किया इस दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के बारे में अनेक युवाओं ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से प्रश्न पूछे श्री साहू ने प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के बारे में आम जनता को जानकारी दी और इससे जुड़े सवालों के जवाब भी दिए श्री साहू के साथ अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर एस भारतीदासन भी फेसबुक लाइव के दौरान उपस्थित थे फेसबुक लाइव में श्री साहू ने बताया कि निर्वाचक नामावली में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन का प्रारूप छह संशोधन के लिए प्रारूप सात और अपने वर्तमान विधानसभा क्षेत्र में ही मतदान केन्द्र बदलवाने के लिए प्रारूप आठ में आवेदन प्रस्तुत करना है मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और संशोधन के लिए पच्चीस जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे उन्होंने बताया कि एक जनवरी दो हजार उन्नीस को अट्ठारह वर्ष की उम्र पूरी कर चुके युवा नए मतदाता के रूप में अपना नाम जुड़वा सकते हैं आवेदन के साथ पहचान पत्र निवास का प्रमाण और जन्मतिथि के प्रमाण वाले दस्तावेज संलग्न करना है उन्होंने बताया कि मतदाताओं की मदद के लिए सभी जिलों में हेल्पलाइन सेवा शुरू की जा रही है कोई भी नागरिक हेल्पलाइन नंबर एक नौ पांच शुन्य पर फोन कर जरूरी जानकारी ले सकते हैं साथ ही इस नंबर पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं आकाशवाणी छत्तीसगढ़ी पैनल आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के प्रादेशिक समाचार एकांश में छत्तीसगढ़ी समाचार के लिए नैमित्तिक समाचार वाचक सह अनुवादक के पैनल का विस्तार किया जा रहा है इसके लिए केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर द्वारा इच्छुक लोंगों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं आवेदन पत्र इक्कीस जनवरी तक डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र सिविल लाईन्स रायपुर के पते पर जमा किया जा सकता है निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र रायपुर में सिविल लाईन्स स्थित आकाशवाणी केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है केन्द्र निदेशक आकाशवाणी केन्द्र रायपुर के नाम से सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए तीन सौ रूपए और अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार के लिए दो सौ पच्चीस रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है आवेदक को किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है छत्तीसगढ़ी बोली में प्रवीण होने के साथ ही आवाज प्रसारण योग्य होना चाहिए उम्मीदवार को रेडियो अथवा टेलीविजन में पत्रकारिता का अनुभव और कम्प्यूटर में काम करने का बुनियादी ज्ञान होना वांछनीय है एसीबी छापा एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने कवर्धा में अंत्यावसायी विभाग के क्षेत्र अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टोरेट स्थित अंत्यावसायी कार्यालय में पदस्थ इस क्षेत्र अधिकारी ने एक युवक से ऋण दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी युवक की शिकायत पर एसीबी की टीम ने इस क्षेत्र अधिकारी को बीस हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया शिल्प मेला इन दिनों राजधानी रायपुर में शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में यह मेला चल रहा है इसका आयोजन छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा किया जा रहा है इसमें छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों के शिल्पियों की कलाकृतियां बिक्री सह प्रदर्शनी के लिए रखी गई है इसमें प्रमुख रूप से बेलमेटल लौह काष्ठ मिट्टी गोदना बांस और शीसल शिल्प के साथ कोसा और हैण्डलूम के वस्त्र लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं